यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधे भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा

ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे देश के इतिहास का ऐतिहासिक क्षण बताया अपने ट्वीट संदेशों में भी मोदी ने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गो को न्याय सुनिश्चित कराने की प्रभावी उपाय प्रकिया शुरू हो गयी है उन्होंने लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने वाले सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद दिया इससे पहले लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और विधेयक सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि इससे सामान्य श्रेणी के लाखों गरीब लोगों को चाहे वे किसी भी धर्म के हों लाभ मिलेगा श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण पर असर नहीं पड़ेगा विधानसभा मध्यप्रदेश विधानसभा के मौजूदा सत्र का आज तीसरा दिन है आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी सदन की भूतपूर्व सदस्य डॉ कल्पना परूलेकर इन्द्रजीत क्मार देवीसिंह पटेल के निधन का उल्लेख किया जायेगा इसके अलावा विधि और विधायी कार्यमंत्री पीसी शर्मा एक संशोधन अध्यादेश को पटल पर रखेंगे वहीं आज शासकीय विधि विषयक कार्यो के अलावा द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान होगा इससे पहले कल कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया राज्य विधानसभा में कल अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर हए हंगामे के बीच मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया हंगामे के बीच कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद एक विधायक के मत विभाजन की मांग के बाद हए मतदान में अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार एनपी प्रजापति को निर्वाचित घोषित कर दिया गया

उन्होंने इसके बाद अध्यक्ष पद भी संभाल लिया वहीं भाजपा ने चुनाव में कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक सक्सेना पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि उनकी ओर से श्री शाह को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बताते हुए प्रस्ताव पेश किया गया था इसे कार्यसूची में शामिल किए जाने के बावजूद सदन में पढ़ने नहीं दिया गया इस मामले में भाजपा विधायकों ने विधनासभा से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने भाजपा द्वारा विधानसभा में उठाई गई आपत्तियों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि संख्याबल उजागर होने के डर से मतदान विभाजन की प्रकिया से भागकर भाजपा ने बर्हिगमन का रास्ता चुना उन्होंने कहा कि इससे यह सिद्ध होता है कि भाजपा का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई भरोसा नहीं है आजीविका समूह शिवपुरी जिले में ग्रामीण आजीविका महिला समूह से जुड़ी महिलाओं का एक दिवसीय जिला सम्मेलन कल आयोजित किया गया इस मौके पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर मुख्य अतिथि जिला सम्मेलन में भाग लिया जिला सम्मेलन में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिला समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा

ऋणमाफी योजना राज्य शासन ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संभागायक्त और कलेक्टरों से दिशा निर्देश जारी कर इनका कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं योजना पर अमल सभी विभागों निगमों मण्डलों और निकायों के मैदानी कर्मचारी अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा जिला स्तर पर कलेक्टर अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी और विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें कल से योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया

यह आयोजन स्कूल गेम फेण्डरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में लोक शिक्षण संचालनालय और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया समापन समारोह दोपहर एक बजे टीटी नगर स्टेडियम में होगा

समारोह में भोपाल के तीन विद्यालयों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगा रंग प्रस्तुतियाँ भी दी जायेंगी

आज मैच का तीसरा दिन है मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है कल प्रदेश में सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया

वहीं सिवनी दमोह राजगढ़ धार शाजापुर और उज्जैन में भी कल का दिन काफी ठंडा रहा आज रीवा और सागर संभाग तथा पश्चिम मध्यप्रदेश में कहीं कहीं कोहरा छाया हुआ है अगले दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है ध्रंध और कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है राजधानी भोपाल में भी बीती रात हल्का कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से ठंड का असर और बढ़ गया

इसके लिए स्वेच्छाग्राहियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है